भाजपा पच्चीस सीटों पर सिमटी

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से ठंड में कमी आयी

झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन राज्य में नई सरकार बनाने जा रहा है इस गठबंधन ने विधानसभा की इक्यासी में से सैंतालीस सीटों पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी को पच्चीस सीटें मिली हैं विजयी गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीस कांग्रेस ने सोलहऔर राजद ने एक सीट जीती है दूसरी ओर झारखंड विकास मोर्चा को तीन और ऑल झारखंड स्टूडेंस यूनियन को दो सीटों पर सफलता मिली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले एक एक सीट जीतने में सफल रही है दो निर्दलीय प्रत्याशी भी निर्वाचित हुए हैं जनता दल युनाईटेड लोक जनशक्ति पार्टी और हिन्दुतानी अवाम मोर्चा झारखंड में अपना खाता भी नहीं खोल सकी जदयू को शून्य दशमलव सात तीन और लोजपा को शून्य दशमलव तीन शून्य प्रतिशत वोट मिले वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव हार गए हैं उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय ने पन्द्रह हजार आठ सौ तैंतीस वोटों से हराया इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मु को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है राज्यपाल ने नयी सरकार के गठन तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जीएसटी से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए राज्यों में विशेष समिति का गठन किया जायेगा बेंगलुरू में जीएसटी से जुड़े मंत्रियों के समूह की बैठक में ये फैसला किया गया उन्होंने बताया कि इस समिति में केन्द्र और राज्यों के पदाधिकारियों के साथ उद्योग व्यापार और कर सलाहकारों के अधिकतम बारह प्रतिनिधि शामिल होंगे श्री मोदी ने कहा कि फर्जी जीएसटी निबंधन कराने वाले लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा रेलवे ने मॉडर्न ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लागू करके अपने समूचे नेटवर्क पर सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाने का फैसला किया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये रेलवे की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण परियोजना है इसका उद्देश्य सुरक्षा रेल पटरियों की क्षमता और तेज गति से ट्रेन चलाने में सुधार के लिए सिग्नल प्रणाली का उन्नयन करना है प्रदेश में सरकारी स्तर पर अब तक दस हजार तीन सौ तीन मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है सहकारिता विभाग के अनुसार शिवहर जिले को छोड़कर सभी जिलों में धान की खरीद शुरू हो गयी है इस बार प्रदेश में तीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है हर घर नल का जल और गली नाली पक्कीकरण योजना में विवाद पैदा करने वाले मुखिया पर कार्रवाई की जायेगी इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने को कहा है साथ ही विभाग ने इन दोनों योजनाओं का निरीक्षण करा कर इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपने का भी निर्देश दिया है जल जीवन हरियाली योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में सौर ऊर्जा के जरिये बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि योजना के अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत सरकार भवन और स्कूलों में भी सोलर लाईट लगाने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है अगले वर्ष एक जनवरी से प्रदेश के सभी मदरसा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी ने बताया कि लड़कियों के लिए हरे रंग की कमीज सफेद सलवार और सफेद दुपट्टा जबकि छात्रों के लिए सफेद रंग का कुर्ता पायजामा और टोपी ड्रेस कोड में शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी मदरसों में अनिवार्य रूप से एनसीईआरटी का सिलेबस प्रभावी हो जायेगा मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से ठंड में कमी आयी है हालांकि अभी भी दिन का तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक नीचे है विभाग ने कहा है कि कल से सत्ताईस दिसम्बर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहेगा ठंड बढ़ने के साथ ही पटना और मुजफ्फरपुर में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल पटना का वायु गुणवत्ता सूचकांक पांच सौ दर्ज किया गया वहीं मुजफ्फरपुर में यह चार सौ निन्यानवे रहा ये दोनों ही शहर देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पर हैं विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी तक ये ही स्थिति बनी रहेगी किऊल गया रेलखंड दोहरीकरण परियोजना के पहले चरण में मानपुर वजीरगंज रेलखंड के दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है इस रेलखंड पर पूर्वी सर्किल कोलकाता के रेल संरक्षा आयुक्त ने ट्रेनों के परिचालन को भी मंजूरी दे दी है राज्य निःशक्ता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार ने प्रदेश में चल रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत दिव्यांगों को आवेदन के लिए पन्द्रह दिनों का अतिरिक्त समय देने का नियोजन इकाईयों को निर्देश दिया है आरक्षण रोस्टर में खामी की शिकायत की सुनवाई के बाद डॉक्टर शिवाजी ने ये निर्देश जारी किया मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में पिछले दिनों आयोजित सेना बहाली की शरीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उन्नीस जनवरी को लिखित परीक्षा होगी एआरओ निदेशक कर्नल मनमोहन सिंह मिन्हास ने बताया कि लिखित परीक्षा का भी आयोजन चक्कर मैदान में ही किया जायेगा भारतीय रिजर्व बैंक ने सहायक के नौ सौ छब्बीस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं इच्छुक अभ्यर्थी सोलह जनवरी तक केन्द्रीय बैंक की वेबसाईट आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन पर जाकर ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं कूच बिहार अंडर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने गोवा को एक पारी और दो सौ चार रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया है बिहार ने अपनी पहली परी आठ विकेट पर चार सौ उनतालीस रन बनाकर घोषित की थी इसके जवाब में गोवा की टीम पहली पारी में अस्सी और दूसरी पारी में एक सौ पचपन रनों पर सिमट गयी इस टूर्नामेंट में बिहार की टीम को चार में तीन मैचों में जीत हासिल हुई है पटना के फुलवारीशरीफ में राजद के बिहार बंद के दौरान हिंसा भड़काने के मुख्य आरोपी नागेश सम्राट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उस पर आरोप है कि उसने हंगामे से पहले एक भड़काऊ वीडियो वायरल किया और अपने साथियों के साथ उपद्रव में शामिल हुआ बौद्द धर्म गुरू दलाई लामा आज विशेष विमान से बोधगया पहुंच रहे हैं वे दो जनवरी से छह जनवरी तक कालचक्र मैदान में प्रवचन देंगे दलाई लामा के आगमन को देखते हुये बोधगया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है पटना पुलिस ने पूर्व डिप्टी मेयर अमरावती देवी के पति दीना गोप की हत्या में शामिल कुख्यात भोला यादव को उसके नौ सहयोगियों के साथ कंकड़बाग से गिरफ्तार किया है मौके से कई हथियार भी बरामद किये गये हैं सारण जिले के दिघवारा भेल्दी पथ पर अपराधियों ने दो सीपीएस संचालकों से पांच लाख रुपये लूट लिये इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है झारखंड भाजपा के हाथ से निकला बिहार के सरयू राय ने सीएम रघुवर को दी मात दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है भाजपा के हाथ से झारखंड भी गया एक साल में पांच बड़े राज्य गंवाए दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली में दो मंजिला मकान में लगी आग बिहार के नौ लोगों की मौत प्रभात खबर ने लिखा है एक अप्रैल से प्रदेश में मिलने लगेगा बीएस सिक्स मानक का पेट्रोल डीजल राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है जल और हरियाली से ही बचेगा जीवन